इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें

बार बार हाथ धाने और साफ सफाई का ध्यान रखें

प्रधानमंत्री इस अवसर पर क्छ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे

नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि देश की पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की संख्या पर्याप्त होगी और सभी के लिए उपलब्ध रहेगी

भारत में उपयोग की मंजूरी दी जाने के बाद यह तीसरी कोविड वैक्सीन होगी नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने बताया कि स्पृत्निक वी का स्थानीय उत्पादन जुलाई में शुरू होगा और हैदराबाद स्थित डॉ रेड्डी प्रयोगशालाएं भारत में यह वैक्सीन बनायेगी

पत्र में कहा गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच संशोधित समय अंतराल के बारे में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समृह और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समृह के सुझाव स्वीकार कर लिये है

इस कड़ी में सामाजिक संगठन जनप्रतिनिधि अधिकारी और कर्मचारी तथा भामाशाह आगे आकर सहयोग कर रहे है

सीकर जिले के खण्डेला के उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार और अन्य कर्मचारियों ने कोविड केयर के लिए एक लाख रूपये की सहायता राशि एकत्र की है

राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारी भी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देंगे

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे एक और श्रोता का संदेश हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वो भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

कोरोना दिशा निर्देशो का पालन करते हुए ईदगाह और मस्जिदों में कोई सामूहिक आयोजन नहीं हो रहा है लोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों पर ही ईद की नमाज अदा कर रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना की है

हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में ईद का पर्व पारम्परिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है

बीकानेर में भी ईद का पर्व सादगी से मनाया जा रहा है वहीं आज आखातीज और परशुराम जयन्ती भी मनाई जा रही है इसे अब्रुझ सावा माना जाता है इस अवसर पर बड़ी सख्या में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होते हैं इस बार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन के चलते सभी तरह के सामुहिक आयोजन और विवाहों पर रोक लगा दी गई है दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन ने ढाई सौ शादियां स्थिगित करवा दी है वहीं प्रशासन कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए सख्ती बरत रहा है जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि जिले के प्रत्येक गांव में निगरानी समिति बनाकर शादियों पर नजर रखी जा रही है